आज राज्यसभा में बजट पर हई चर्चा का उत्तर देते हुए उन्होंने केन्द्रीय बजट में प्रस्तावित विभिन्न उपायों का ब्यौरा दिया वित्तमंत्री ने कहा कि बजट में जो व्यापक दृश्य प्रस्तुत किया गया है वह राजकोषीय सुद्रढता से समझौता किये बिना निवेश में वृद्धि की योजना पर आधारित है उन्होंने कहा कि यह बजट कृषि सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में निवेश बढाने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत प्रतिवर्ष छह हजार रूपये के नकद अंतरण का लाभ अब सभी किसानों को मिलेगा श्रीमती सीतारामन ने किसानों की आमदनी दोग्नी करने के सरकार के वचन को दोहराया उन्होंने कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों महिलाओं मनरेगा और आवास पर धनराशि के आवंटन में कोई कटौती नहीं की गई है बल्कि इसे बढ़ाया गया है वित्तमंत्री ने कहा कि महंगाई नियंत्रण में है और बैंको के फंसे हुए ऋण एनपीए के मामले व्यापक रूप से निपटाए जा रहे हैं

अनुदान मांगों पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए रेलमंत्री पीयूष गोयल ने सदन को आश्वासन दिया कि रेलवे का निजीकरण नहीं किया जायेगा

रेल मंत्री ने बताया कि रेलवे ने पिछले पांच सालों में रेल विद्युतिकरण में अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की है

मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने आज कहा कि इस मामले में कुछ बड़े मुद्दे उठे हैं और वह इस पर मंगलवार को आगे सुनवाई कर निर्णय देगी

भाजपा विधायक किसानों की कर्ज माफी के संबंध में पूछे गए एक प्रष्न पर सहकारिता मंत्री उदय लाल आंजना के उत्तर से असंतुष्ट थे और इस संबंध में सभी तथ्य स्पष्ट करने मांग कर रहे थे

शून्यकाल में भी नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने किसान कर्ज माफी का मामला उठाया और कहा कि बैंकों को सरकार की ओर से पैसा नहीं दिया गया इसलिए किसान का पुराना कर्ज अपलेखन नहीं हुआ और उसको अगला ऋण नहीं मिल रहा हैं उन्होंने कहा कि इस पर विधानसभा में चर्चा करायी जाए और स्थिति स्पष्ट की जाए श्री कटारिया ने कहा कि सब कुछ कागजों पर चल रहा है और धरातल पर कुछ नही है बाद में सदन से बाहर पत्रकारों से बातचीत में विधायक निर्मल कुमावत ने कहा कि सरकार ने किसानों से कर्जमाफी के नाम पर धोखा किया है उन्होंने कहा कि सरकार ने सदन में भाजपा सरकार के ऋणमाफी के आंकड़े ही पेश किए हैं

उधर बीकानेर में कृषि विभाग के अधिकारी जयदीप दोगने ने बताया कि कुछ क्षेत्रों में टिड्डी दल देखे जाने के बाद उनपर नियंत्रण की कार्यवाही की जा रही है

कुम्हेर के थानाधिकारी रघुवीर सिंह ने बताया कि कार चालक परसराम मीणा को अलवर से गिरफतार किया गया इस बीच आज पर्यटन और देवस्थान विभाग के मंत्री विश्वेन्द्र सिंह ने मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया

अजमेर शहर की प्रसिद्ध आनासागर झील में मलबा डालने वालों के खिलाफ प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा जिला कलेक्टर ने बताया कि इसके लिए नगर निगम के अधिकारियों को निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं श्रीगंगानगर जिले के हिंदुमलकोट क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की का उसके घर से अपहरण कर भाग रहे तीन युवकों को पुलिस ने हिरासत में लिया है

करौली जिले के श्रीमहावीरजी क्षेत्र में पुलिस ने दो व्यक्तियों को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है